यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और बसन्त के आगमन का प्रतीक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि होली त्यौहार बसन्त का उत्सव है और हमारे बीच आपसी भाईचारा और आपसी सदभावना का प्रतीक है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि रंगो का त्यौहार हमारे सभी परिवारों और बहुतावादी समाज में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देशभर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला रंगोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है

होलिका दहन प्रदेश में भी होली का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है बीती रात जगह जगह होलिका दहन की गई आज लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाए देंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रंगोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने शुभकामना संदेश में श्रीमति पटेल ने कहा है कि रंग और उमंग का त्यौहार होली एकता सदभाव समरसता और भाईचारे का प्रतीक है होली के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह विशेष भस्म आरती की गई उमरिया से हमारे संवादाता ने बताया है कि जिले में भी होली का पर्व पूरे श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जगह जगह पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन की गई वहीं धार में आज हुरियारों की टोलियां निकलेंगी

विदिशा जिले में भी परंपरागत रूप से होली मनाई जा रही है भिण्ड मुरैना शिवपुरी छिंदवाड़ा टीकमगढ़ डिंडौरी नरसिंहपुर छतरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी होली पर्व उल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिर्ले रह हैं प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला प्रशासन ने नागरिकों से होली का त्यौहार शान्ति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है नीरव मोदी गिरफतार भारत ने लंदन में ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा भगोड़ा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी को गिरफ्तार किए जाने का स्वागत किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत नीरव मोदी का प्रत्यार्पण जल्द् से जल्द कराने के लिए ब्रिटेन के संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी सक्रियता से आगे की कार्रवाई जारी रखे हुए हैं बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के अधिकारी अगले हफ्त नीरव मोर्दी के प्रत्यार्पण से जुड़े कागजात लेकर लंदन जायेंगे

मनी लॉडरिंग के एक मामले में उसके प्रत्यार्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के बाद कल उसे गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसे वहां की स्थानीय अदालत में पेश किया गया

रोजगार आरोप कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने रोजगार सुजन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों ने पिछले वर्ष एक करोड़ नौकरियों का नुकसान किया है

नियमों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं कल निर्वाचन आयोग के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया माध्यमों ने स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की और राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की सोशल मीडिया के माध्यमों ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से जारी प्रमाण पत्र देना होगा सशुल्क राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी सोशल मीडिया माध्यमों तथा इंटरनेट और मोबाइल संघ ने कल नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नैतिक आचार संहिता का दस्तावेज प्रस्तुत किया यह आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों के स्वतंत्र निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संगठन सोशल मीडिया और निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय का काम करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोशल मीडिया की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नैतिक आचार संहिता का पूरी निष्ठा के साथ पालन किए जाने की जरूरत है पहली बार इंटरनेट आधारित कंपनियों में स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन प्रचार अभियान के नियम तय किए हैं

प्रतिनियुक्ति से लौटने पर पंकज राग को संस्कृति विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है श्री राग स्वराज संस्थान के आयुक्त सह संचालक और भारत भवन के न्यासी सचिव भी बनाये गये हैं संस्कृति विभाग की सचिव रेनू तिवारी को अब सचिव राजस्व विभाग एवं नियंत्रक शासकीय मुद्रण लेखन सामग्री बनाया गया है राज्य शासन ने अपर सचिव आशीष सक्सेना को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव को उप सचिव स्कूल शिक्षा उप सचिव नेहा मारव्या को उप सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास और उप सचिव ऊषा परमार को अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पदस्थ किया है एक अन्य आदेश में उप सचिव शशिभूषण सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल और उप सचिव छोटे सिंह को राजस्व विभाग में जबलपुर संभाग का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है मानवाधिकार आयोग शहडोल संभाग के आदिवासी अंचल में बीमार होने पर बच्चों को गर्म लोहे से दागने की कुप्रथा पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है

प्रदेश के मुख्य सचिव के अलावा शहडोल संभागायुक्त कलेक्टर और शहडोल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है आयोग के रजिस्ट्रार जेपी रावत ने बताया कि आयोग के पास शिकायत आने के बाद मामले पर संज्ञान लिया गया बीते दिनो बच्चों को दागने के दर्जनों मामले सामने आये थे जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जागरुकता अभियान चलाया गया था आयोग संज्ञान भोपाल के बाल विहार इलाके में घर के बाहर खेल रही चार साल की एक मासूम बच्ची पर आवारा कृत्ते द्वारा हमला किए जाने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए भोपाल के नगर निगम आयुक्त से प्रतिवेदन मांगा है आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में आयोग ने पूछा है कि क्या पीडित बच्ची के परिवार को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है साथ ही शहर में आवारा कुत्तों की रोकथाम बंदिश लगाने के लिए नगर निगम ने क्या रणनीति तैयार की है फुटबाल दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ सैफ की महिला चौंपियनशिप के फाइनल में कल मौजूदा चौंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से होगा कल खेले गए दो सेमीफाइनल मैचों में नेपाल ने श्रीलंका को चार शुन्य से पराजित किया जबकि भारत ने बंगलादेश को चार शुन्य से हराया

भारत ने इस प्रतियोगिता के सभी चारों खिताब जीते हैं